उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त को धन के अवमूल्यन और ऋण सहित विभिन्न योजनाओं को स्टार्टअप के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है मेघालय के शिलांग में आयोजित किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट फूड शो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि देश और विदेश के निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में एक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उन्होंने कहा कि निवेशकों को विशेष कर रियायतें और सब्सिडी प्रदान की जाएंगी मुख्यमंत्री ने राज्य के फूड स्टॉलों का भी दौरा किया और राज्य के विभिन्न जिलों के युवा उद्यमियों के साथ बातचीत की जो ऑर्गेनिक चाय लोकल वाइन बागवानी उत्पादन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अपने ब्रांडों का प्रदर्शन करने इस शॊ में हिस्सा ले रहे है नये जीएसटी रिटर्न पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया जानने के लिए आज जीएसटी फीडबैक दिवस मनाया जा रहा है जीएसटी व्यवस्था लागू किए जाने के बाद पहली बार करदाता परामर्श आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य अगले वर्ष पहली अप्रैल से लागू की जाने वाली नयी रिटर्न व्यवस्था के बारे में लोगों के विचार जानना है व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं कर दाताओं सहित इसमें भाग लेने वाले लोगों ने इसे ज्ञानवर्द्वक पाया है और कहा है कि इस तरह के आयोजन से उन्हें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने में मदद मिलेगी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए और उपाय कर रही है आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए और उपाय कर रही है

वस्तु और सेवाकर के बारे में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि कर की दरों के बारे में वस्तु और सेवा कर परिषद फैसला करेगी राज्य मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कल राज्य सचिवालय स्थित अपने सम्मेलन हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में राजधानी ईटानगर में चार लेन सड़क के प्रगति कार्य की समीक्षा की

उन्होंने पूरे समाज से सामूहिक रुप से इस दिशा में मिलकर प्रयास करने को कहा है ताकि समाज में महिलाओं बुजुर्गों और साथ ही मनुष्यों के प्रति सम्मान की पुरानी संस्कृति और जीवन मूल्यों को बहाल किया जा सके श्री नायडू ने हैदराबाद उन्नाव और देश के अन्य भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त किया उन्होंने कहा कि इस विषय पर केवल कानून बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा उपराष्ट्रपति ने पुलिस विभाग को सलाह दी कि वे महिलाओं के खिलाफ कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करे देश में पुलिस के लिए भय और सम्मान दोनों भाव होने चाहिए रक्षा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज देशभर में चार सौ से अधिक स्थानों पर व्यापक प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है प्लॉगिंग का अर्थ जॉगिंग करते हुए रास्ते से कूड़ा कचरा साफ करते चलना है इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक परिचर्चा क्विज चित्रकारी प्रतियोगिता जैसे सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे कला संस्कृति साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले पांच दशकों से उल्लेखनीय योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश लिटेरेरी सोसायटी द्वारा निमोती रिबा को सम्मानित किया गया

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया